इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से सिराज क्षेत्र के लोगों को अनेक सुविधाएं मिलेगी मुख्यमंत्री ने निष्पादन एजेंसियों को इन सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि थुनाग में बस अडडे का निर्माण किया जाएगा जिससे क्षेत्र में बसों के परिचालन के लिए उचित स्थान सुनिश्चित होगा इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज विधायक पवन नैयर और जियालाल भी मौजूद रहे अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर ने कहा है कि उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में पीएफए आँक्सीजन ँजेनरेशन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है एक बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संकमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में सभी को मदद के लिए आगे आने की आवश्यकता है

प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज वृद्धि लगातार जारी है

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में व्यापक स्तर पर कोरोना परीक्षण अभियान चलाया जा रहा है कोविड की दूसरी लहर ने मामले बढ़ने के चलते सरकार ने परीक्षण सहित टीकाकरण अभियान को भी बढ़ावा दिया है

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश सहित प्रदेश में संगठन ही सेवा अभियान के मूल मंत्र को लेकर समाज सेवा के लिए कार्यरत हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से निपटने में टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है वन विभाग राज्य वन विभाग द्वारा भारती इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी की टीम के सहयोग से हिमाचल में वनों पर आधारित अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए समूहो के विकास व वन औषधी मूल्य वर्धन रणनीति बनाई जाएगी प्रधान मुख्य अरण्यपाल सविता ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में कई लोग औषधीय पौधों जड़ी बुटियों और अन्य वन उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं